इस हिमपात व वर्षा के बाद समूचा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार रोहतांग दर्रे पर तीन फुट कोकसर और दारचा में करीब डेढ़ फुट हिमपात हुआ है लाहौल घाटी में संचार व्यवस्था व यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है इधर बंजार आनी सड़क मार्ग जलोढ़ी दर्रे के पास भारी हिमपात के चलते यातायात के लिए बंद है चंबा जिले में भी करीब दो दर्जन मार्ग हिमपात और वर्षा के चलते अवरूद्व हैं शिमला जिला के कुफरी नारकंडा व खड़ापत्थर में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है परिवहन निगम ने कृफरी से ऊपरी शिमला की ओर जाने वाली बसों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है हालांकि अन्य रूटों से इन बसों को अपने गंतव्य तक भेजा जा रहा है इस बीच राजधानी शिमला में भी लगातार वर्षा का कम जारी है

शीतकालीन सत्र प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र की पांचवी बैठक में आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमांड आरट्रैक का दौरा किया इस अवसर पर लैफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ स्टॉफ अतुल्य सोलंकी ने राज्यपाल को सामरिक रणनीति और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और देशवासियों को सैनिकों पर गर्व है राज्यपाल ने सेना द्वारा समरहिल में स्थापित किए गए वेस्ट पेपर रिसाईकिल प्लांट और सेना के व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा भी किया एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल में हुए ताजा हिमपात से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है ठंड से जमी जिंदगी कल्पा केलांग मनाली में पारा जमाब बिंदु से नीचे दैनिक जागरण का शीर्षक है शिमला मनाली में पहला हिमपात शीतलहर तेज ऊपरी शिमला में यातायात व्यवस्था ठप

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है सरकार ने पांच जिला उपायुक्तों को बर्फबारी से निपटने के लिए दिए निर्देश आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात जनजीवन ठप अजीत समाचार के मुताबिक पर्यटक स्थलों पर बढ़ी सैलानियों की आमद धर्मशाला के तपोवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़े निर्णय को अमर उजाला ने सुर्खी दी है आईआईएम को एक हजार बीघा जमीन सुलह में बहुतकनीकी कॉलेज मंजूर वहीं दिव्य हिमाचल लिखता है सुलह को मिला पॉलीटेक्नीक कॉलेज पंजाब केसरी व दैनिक भास्कर का एक जैसा शीर्षक है विदेश में आतंकी घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को नौकरी देगी सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर अमर उजाला ने लिखा है अवैध खनन पर कांग्रेस का वाकआउट मंत्री बोले नहीं रखेंगे आउटसोर्स कमी दैनिक जागरण के शब्द हैं अवैध खनन पर भिड़े बिक्रम ठाकुर व मुकेश अग्निहोत्री आपका फैसला के मुताबिक विपक्ष ने खनन माफिया के मुद्दे पर विधानसभा से किया वाकआउट दैनिक भास्कर ने खबर दी है जुब्बड्हट्टी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की तैयारी शुरू तीन गांवों की जमीन होगी एक्वायर कमेटी गठित